भारत ने यह भी कहा है कि वह आतंक से मुक्त वातावरण में पाकिस्तान के साथ वार्ता के लिए तैयार है विदेश मंत्री स्षमा स्वराज ने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत करना चाहता है तो उसे आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी

जो बाकियों से संबंध हैं वो उतने अच्छे हैं इनसे भी हो सकते हैं बशर्ते ये अपने यहां के आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें और अपनी धरती से भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां बंद करें भारतीय जनता पार्टी ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किये जाने के प्रयासों पर चीन द्वारा अड्वन लगाये जाने पर गहरी निराशा व्यक्त की है नई दिल्ली में आज पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की टिपणियों की आलोचना की उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के ट्वीट पाकिस्तान में हेडलाइन बन रहे होंगे इससे पहले एक ट्वीट में राहल गांधी ने कहा था कि मसूद अजहर के मामले में चीन के रवैये पर प्रधानमंत्री को अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए उधर भारत और अमरीका ने पाकिस्तान से आतंकवादी गुटों और उनके सरगना के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने को कहा है अमरीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने विदेश सचिव विजय गोखले के साथ बैठक में कहा कि अमरीका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से भारत के साथ खड़ा है रक्षा मंत्रालय ने रफाल लड़ाकू विमान मामले में उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर किया है सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि रफाल सौदे के उसके फैसले की समीक्षा के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर दस्तावेज राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति संवेदनशील हैं अपने हलफनमे में सरकार ने कहा कि जिन लोगों ने सरकारी दस्तावेजों की फोटोकापी का षडयंत्र रचा उन्होंने अपराध किया है और गोपनीय जानकारी को सार्वजनिक कर के देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है हलफनामे में कहा गया है कि याविकाकर्ताओं पूर्व केन्द्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी तथा वकील प्रशांत भूषण द्वारा दाखिल दस्तावेज विमान की लड़ाकू क्षमता से सम्बन्धित है इसमें कहा गया है कि ये दस्तावेज व्यापक रूप से उपलब्ध है और ये देश के शत्रुओं को भी उपलब्ध हैं सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अनधिकृत रूप से जो दस्तावेज पेश किए हैं वे सूचना के अधिकार कानून के तहत सार्वजनिक नहीं किये जा सकते शीर्ष न्यायालय रफाल मामले की समीक्षा याचिका पर विचार करेगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज सशस्त्र सेना कर्मियों को तीन कीर्ति चक्र और पन्द्रह शौर्य चक्र प्रदान किए श्री कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में शौर्य सम्मान और विशिष्ट सेवा सम्मान प्रदान किए दो कीर्ति चक्र और एक शौर्य चक्र मरणोपरांत प्रदान किये गये राष्ट्रपति ने सशस्त्र सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों को पन्द्रह परम विशिष्ट सेवा पदक एक उत्तम युद्व सेवा पदक और पचीस अति विशिष्ट सेवा पदक भी प्रदान किए परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में थल सेनाध्यक्ष जनरल बिंपिन रावत भी शामिल थे इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे केन्द्र ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण को कानूनी रूप से न्याय संगत बताते हुए कहा है कि इससे सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलेगा उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामा पेश करते हुए केन्द्र ने कहा कि समाज के आर्थिक रूप से ऐसे कमजोर वर्गों को फायदा पहचाने के लिए संवैधानिक संशोधन करना आवश्यक हो गया था जिन्हें आरक्षण की जारी योजनाओं के तहत फायदा नहीं मिल रहा था इस संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के सिलसिले में यह हलफनामा दाखिल किया गया है आज विश्व गुर्दा दिवस है यह दिन हर वर्ष मार्च के दूसरे बृहस्पतिवार को मनाया जाता है इसका उद्देश्य गुर्दे के महत्व और गुर्दे की बीमारियों को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाना है इस वर्ष के विश्व गुर्दा दिवस का विषय है समी के लिए समी जगह स्वस्थ गुर्दा इस अवसर पर प्रदेश में गुर्द तथा मधुमेह और उच्च रक्त चाप से गुर्द को होने वाले खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं